कोरोना अर्थव्यवस्था उपाय केंद्र सरकार ने इक्कीस दिन की पूर्णबंदी की अवधि के बाद अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर लाने और लोगों की मुश्किलें कम करने के उपाय सुझाने के लिए ग्यारह समूह गठित किए हैं ये समूह योजनाएं बनाएंगे और समयबद्ध ढंग से उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे इक्कीस दिन की पूर्णबंदी की अवधि में सभी आवश्यक वस्तुओं के निर्बाध परिवहन की अनुमति दें और इसमें जरूरी या गैर जरूरी सामानों का भेद न किया जाए राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि पूर्णबंदी के दौरान अखबारों की बांटने से रोका नहीं गया है इसी तरह दूध के भंडारण और वितरण पर भी किसी तरह की रोक नहीं है कोरोना केंद्र निर्देश केन्द्र ने राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रवासी कामगारों का पलायन रोकने के लिए अपनी सीमाएं प्रभावी ढंग से सील करने के निर्देश दिए हैं पूर्णबंदी के कारण फंसे जरूरतमंद लोगों और गरीबों के लिए अस्थायी आश्रय के साथ ही भोजन और आवश्यक सुविधाएं भी मुहैया कराने को भी कहा गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि जो प्रवासी कामगार अपने पैतृक नगर जाने के लिए निकल चुके हैं उन्हें संबंधित राज्यों के नजदीकी आश्रय स्थलों पर रोका जाए और उन्हें कम से कम चौदह दिनों तक अलग निगरानी में रखा जाए केंद्र सरकार ने विभिन्न उद्योगों दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित सभी नियोक्ताओं को अपने कामगारों की मजदूरी में कटौती न करने और निर्धारित समय पर भूगतान करने को भी कहा है मकान मालिकों को भी कामगारों से एक महीने का किराया नहीं लेने के निर्देश दिए गए हैं इस बीच कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों को क्वारेंटाइन के रूप में इस्तेमाल के लिए तैयार कर दिया है वहीं केन्द्र और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच आवश्यक तालमेल के अलावा राज्यों में फंसे मजदूरों उनकी समस्याओं की व्यवस्था की देखरेख के लिए सचिव सोनमणि बोरा को राज्य का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है

कोरोना प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया है धार्भिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि वे कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने घर में रहने और सामाजिक दूरी बनाए रहने के लिए प्रेरित करेंगे कोरोना मुख्यमंत्री जायजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि एक अप्रैल से प्रदेश की सभी राशन दुकानों से लोगों को दो माह का चावल एकमुश्त दिया जाएगा इसके अलावा दानदाताओं से मिल रहे अनाज के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें जरूरतमंद लोगों और मजदूरों को दिया जाएगा मुख्यमंत्री आज आवश्यक सामानों अनाज और सब्जियों की उपलब्धता का जायजा लेने के लिए खूद राजधानी रायपुर की सड़कों पर निकले इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के पास सब्जी बेचने और खरीदने वालों से बातचीत कर सब्जियों की कीमत पूछी श्री बघेल ने इंडोर और आउटडोर स्टेडियम में अनाज आपूर्ति के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश के महापौरों से फोन पर चर्चा कर नगरीय क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी ली उन्होंने महापौरों से कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए और इस दौरान साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाए उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में पानी बिजली और सफाई से जुड़े कर्मचारी चौबीस घंटे उपलब्ध रहने का प्रयास करें साथ ही सभी कंट्रोल रूम नियमित रूप से काम करते रहें श्री बघेल ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवी संगठनों की मदद भी ली जा सकती है कोरोना ब्रिटेन जांच राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में बीते एक महीने के दौरान ब्रिटेन से आने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराने का निर्णय लिया है आज राज्य स्तरीय कमांड और कंट्रोल सेंटर में विभागीय अधिकारियों की बैठक में स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने कहा कि प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से पीड़ित सात मरीजों में सबसे अधिक तीन मरीज ब्रिटेन से लौटे हैं इसलिए बीते एक माह के दौरान ब्रिटेन से छत्तीसगढ़ आए सभी तिहत्तर लोगों की कोरोना जांच कराई जाएगी इसके लिए इन सभी के नाम पते और फोन नंबर संबंधित जिलों के कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करा दिए गए हैं साथ ही इन लोगों का तत्काल कोरोना टेस्ट कराने को कहा गया है बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि पिछले कुछ समय के दौरान दुनिया के अलग अलग देशों से छत्तीसगढ़ में करीब ढाई हजार लोग आए हैं इन सभी के परिजनों को क्वारेंटाइन में रहने की सलाह दी गई है उन्होंने बताया कि प्रदेश में समुदाय संक्रमण का अभी तक कोई मामला नहीं मिला है श्रीमती सिंह ने बताया कि राज्य में कोरोना के अभी तक नौ हजार नौ सौ इक्कीस संदिग्ध लोगों में से नौ हजार सात सौ अठासी लोगों की पहचान की गई है इनमें से छह हजार दो सौ इकतालीस लोगों को होम क्वारेंटाइन किया गया है कोरोना बचाव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालने करें

खूद को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को समाजिक दूरी से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए और इकट्टा होने से बचना चाहिए इस दौरान सभी अपनों घरों में रहें और सिर्फ जरूरी चीजों के लिये ही बाहर निकलें लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचें बार बार अपने हाथों को साबुन और एल्कोहल आधारित हैंड सैनेटाइजर से साफ करते रहें

यदि किसी व्यक्ति को खांसी या बुखार है तो वह दूसरे के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से सलाह ले

हम साथ हम साथ मिलकर इस वायरस से लड़ सकते हैं जरूरत है एहतियात बरतने की और खुद को सुरक्षित रखने की कोरोना आईआरसीटीसी रेलवे ने भारतीय रेल खान पान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी की रसोई के स्थानों पर जरूरतमंद लोगों को बड़ी संख्या में पेपर प्लेट के साथ तैयार भोजन उपलब्ध कराने का फैसला किया है रेल मंत्रालय ने कहा है कि आईआरसीटीसी कई स्थानों पर जरूरतमंद लोगों प्रवासी मजदूरों और बुजुर्गो के अलावा अन्य बेसहारा लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहा है इधर देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान रेलवे आवश्यक सामानों के परिवहन के लिए विशेष मालगाड़ियां चला रही हैं इसके लिए गुजरात के कांकरिया से कोलकाता के बीच कल इकतीस मार्च को विशेष पार्सल गाड़ी चलाई जाएगी यह मालगाड़ी छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर स्टेशन पर भी रूकेगी वहीं इसी ट्रेन को चार अप्रैल को कोलकाता से गुजरात के लिए चलाया जाएगा इसी प्रकार करामबेली से चांगसरी के बीच दो अप्रैल को विशेष गाड़ी चलाई जाएगी यह ट्रेन भी राज्य के दुर्ग रायपुर और बिलासपुर स्टेशन पर रूकेगी वहीं ओडिशा के राजाखरियार से रेलवे पटरियों पर पैदल महाराष्ट्र के रामटेक जा रहे चार मजदूरों को पुलिस ने पकड़कर स्वास्थ्य जांच के लिए बागबाहरा अस्पताल भेजा है इस बीच रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के दल ने स्वयंसेवी संगठनों की मदद से गोंदिया स्टेशन में दो सौ बीस और रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर पचास बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया

बस्तर कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान किरायेदारों से मकान किराया मांगे जाने या किराये के लिए परेशान करने पर मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं वहीं नारायणपुर जिले में फसल और सब्जी कटाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है इसके अनुसार जिन जगहों पर दो से अधिक मजदूर काम पर लगे हैं वहां मजदूरों के बीच डेढ़ से दो मीटर की दूरी होना जरूरी है इधर सरगुजा संभाग के सूरजपुर और बलरामपुर जिले के उन्नीस विकासखंड में सात हजार से अधिक किसानों के खेत में गन्ने की फलस तैयार है लेकिन मजदूर नहीं मिलने के कारण किसान चिंतित है उन्होंने सरकार से लॉकडाउन के दौरान गन्ना कटाई के लिए आवश्यक उपाय करने की मांग की है इस बीच रायपुर रायगढ़ ओडिशा और बिलासपुर से अंबिकापुर पहुंचे करीब सौ मजदूरों को अंबिकापुर के बस स्टैंड में ठहराया गया है

उधर दूर्ग जिले के कुम्हारी नाके के पास मिले मध्यप्रदेश और ओडिशा के मजदूरो को सैनिटाईज करने के बाद सामुदायिक भवन में ठहराया गया है साथ ही इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और इनके पंद्रह दिनों के राशन की व्यवस्था भी की गई वहीं झारखंड के लिए पैदल निकले पच्चीस मजदूरों को खुर्सीपार थाना के पास रोककर उनके रहने और ठहरने की व्यवस्था की गई है

निगम ने लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा नहीं करने और दो लोगों के बीच न्यूनतम एक मीटर की दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं इसी तरह महासमुद जिले में तय कीमत से अधिक दर पर सामानों को बेचने वाले दुकानदारों पर सत्रह हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है इधर जांजगीर चांपा जिले में कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने के आरोप में पुलिस ने भाटागांव निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है वहीं कोरोना वायरस से बचाव के लिए ग्रामीण इलाकों में लोगों ने स्वयं से बेरीकेट्स लगाकर गांव के बाहरी मार्ग को बंद कर दिया है साथ ही ग्रामीणों द्वारा मुनादी कराकर लोगों को घर में ही रहने का संदेश दिया जा रहा है उधर बिलासपुर कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि जिले में राशन और अन्य जरूरी वस्तुओं की कोई कमी नहीं है उन्होंने आम जनता को अनावश्यक खरीदारी से बचने की सलाह दी है कलेक्टर ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले की सभी राशन दुकानों को सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक खोला जा रहा है साथ ही मुख्य बाजार के अतिरिक्त चार अन्य जगहों पर भी सब्जी बाजार शुरू किए गए हैं

वहीं स्व सहायता समूह की महिलाएं भी कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही है इस सिलसिले में प्रदेश के सत्रह जिलों में पांच सौ अटहत्तर स्व सहायता समूह से जुड़ी लगभग अट्ठारह सौ महिलाएं सस्ते मास्क और सैनिटाईजर के निर्माण में जुट गई हैं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी इन महिलाओं द्वारा बीते उनतीस मार्च तक लगभग दो लाख तीस हजार मास्क का निर्माण किया जा चुका है इनमें से एक लाख तिरासी हजार मास्क की बिक्री भी हो चुकी है इसी प्रकार पांच जिलों में चौदह स्व सहायता समूहों द्वारा दो सौ तीन लीटर सैनिटाईजर भी तैयार किया जा चुका है कोरोना कलेक्टर अधिकार प्रदेश में विभिन्न जिलों के कलेक्टर लॉकडाउन के दौरान अब अपने जिले में आवश्यकतानुसार चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति कर सकेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए जिलों में अधिकतम पांच चिकित्सक और तीन विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति आगामी तीन महीने के लिए की जा सकेगी विशेषज्ञ चिकित्सक न मिलने पर तीन अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति हो सकेगी कोरोना अंतरिम जमानत देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ की विभिन्न जेलों से अब तक कुल तीन सौ नब्बे कैदियों को छोड़ा जा चुका है इनमें से तीन सौ दो कैदियों को अंतरिम जमानत पर और उनयासी कैदियों को पैरोल पर वहीं नौ कैदियों को सजा पूरी होने के कारण विभिन्न जेलों से रिहा किया गया है